संघ के महासचिव रामलाल शर्मा ने बताया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि जबकि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज विशिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में प्रदेश भर से करीब डेढ़ हजार प्रतिभागी भाग लेंगे भेंट स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कल शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी

उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में चलाई जा रही स्वस्थ्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास कर रही है राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सराहना की फिट इंडिया केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में फिट इंडिया स्कूल रेटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया इसके तहत देशभर के स्कूल फिटनेस के विभिन्न मानदंडों के आधार पर फिट इंडिया थ्री स्टार और फाइव स्टार स्कूल रेटिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे इस अवसर पर किरेन रिजिजू ने कहा कि स्कूलों की रेटिंग की यह प्रणाली फिट इंडिया मूवमेंट के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए शुरू की गई है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के थानाकलां में कल एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से गांव में युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अमित शाह इसी दिन मिशन अंतोदय का शुभारंभ भी करेंगे

बिलासपूर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलवाड के वार्षिक समारोह में कल उन्होंने विद्यार्थियों से भी अपने परिवेश समाज व देश के साथ जुडकर राष्ट्रनिर्माण में कार्य करने का आह्वान किया

पंजाब केसरी ने आंगनाबड़ी भर्ती नीति से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती नीति में संशोधन जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हाईकोर्ट के आदेश से बदले आंगनबाड़ी भर्ती के नियम दिव्य हिमाचल ने खबर दी है भूतपूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को नहीं मिलेगा कोटा स्वास्थ्य विभाग का आरक्षण देने से साफ इंकार मॉरीशस के पीएम ने बगलामुखी मंदिर में किया हवन यज्ञ शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने सचित्र प्रकाशित किया है इसी समाचार पत्र के अनुसार सुधीर की धाम ने बिगाड़ा कांग्रेस का हाजमा जांच कमेटी ने धर्मशाला उपचुनाव में हार के कारणों पर किया मंथन

अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल की आधा दर्जन छावनी परिषदों में होंगे चुनाव प्रकिया शुरू इसी समाचार पत्र के मुताबिक प्रदेश के वीआईपी नेताओं की जान को उड़नखटोले में खतरा दिव्य हिमाचल लिखता है चार बड़े नेताओं के मेडिकल बिलों की रिकवरी माफ अग्निहोत्री शांडिल गंगूराम और अनिल शर्मा पर मेहनबान जयराम सरकार